विफ्षी नेता खंडित जनादेश की स्थिति में अपनी रणनीति तैयार करने में लगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख तथा प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिपरिषद से हटाया गया लोकसभा चुनाव की तेईस मई को होने वाली मतगणना के लिये प्रदेश भर में तैयारियां अंतिम चरण में आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग ने मतगणना के प्रमाणिक और ताजा परिणाम देने के लिए किए हैं व्यापक प्रबंध राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के शीर्ष नेता ब्रहस्पतिवार को लोकसभा चुनाव परिणामों की घोषणा से पहले आज रात्रिमोज पर मिलेंगे यह बैठक नई दिल्ली में होगी जहां भाजपा अध्यक्ष अभित शाह और एनडीए के नेता आम चुनावों के संभावित परिणामों पर रणनीति तैयार करेंगे बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कृमार शिवसेना प्रमुख उद्दव ठाकरे और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी उपस्थित रहने की उम्मीद है इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक भी पार्टी मुख्यालय में होगी दोनों बैठकें एग्जिट पोल की पृष्ठभूमि में हो रही हैं मतदान बाद इन सर्वेक्षणों में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की वापसी की भविष्यवाणी की गई है इस बीच विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की दिल्ली में गतिविधियां तेज हो गई हैं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए नेताओं ने स्पष्ट बहुमत मिलने का विश्वास व्यक्त किया है दूसरी तरफ विपक्षी नेता खंडित जनादेश की स्थिति में केन्द्र में सरकार बनाने के लिए गैर एनडीए और एनडीए से अलग हुए दलों को एकजुट करने की तैयारी कर रहे हैं प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सुश्री मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अजित सिंह के राष्ट्रीय लोकदल ने वामपंथी दलों सहित अनेक दलों के साथ गठबंधन किया है गैर एनडीए दलों को एकजुट करने का प्रयास भी जारी है ताकि एनडीए को बहुमत न मिलने की स्थिति में केन्द्र में सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सके हालांकि विभिन्न एंजेसियों द्वारा कराए गए लगभग सभी चुनाव परिणाम पूर्व सर्वेक्षणों में एनडीए के स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का अनुमान व्यक्त किया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के परिणामों को लेकर अलग अलग मत हैं इन दोनों राज्यों में लोकसभा की कृल एक सौ बाईस सीटें हैं अब यह देखना है कि खंडित जनादेश की स्थिति में क्या घटनाक्रम होगा ऐसी स्थिति में केन्द्र में नई सरकार के गठन में चुनाव बाद क्षेत्रीय दलों का गठबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने मतदान बाद के सर्वेक्षण पर संदेह करने वालों की आलोचना करते हुए कहा है कि जब अनेक सर्वेक्षण एक ही संदेश देते हैं तो परिणाम की दिशा मोटे तौर पर संदेश के अनुरूप होगी फेसबुक पर अपने ब्लॉग में जेटली ने कहा कि मतदान बाद सर्वेक्षण व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित हैं और ईवीएम की इसमें कोई भूमिका नहीं है

उन्होंने कल वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेईस मई को चुनाव परिणाम आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा अध्यक्ष मायावती एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के सहयोगी रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को कल मंत्री पद से हटा दिया है राजभर गठबंधन के नियमों के विपरीत भाजपा के नेतत्व वाले एनडीए के खिलाफ लम्बे समय से काम कर रहे थे एक रिपोर्ट राज्यपाल राम नाईक ने सुहेलदेव भारत समाज पार्टी के नेता और प्रदेश में पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्री ओमप्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से हटाने की स्वीक्रति प्रदान कर दी है इस पार्टी के चार विधायक है इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सदन में बहमत में इस पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा ये भी बताया जा रहा है कि सुहेलदेव ने भारत समाज पार्टी के अन्य नेताओं को भी पब्लिक सेक्टर इकाइयों के विभिन्न पदों से हटा दिया गया है दोनों पार्टियों के बीच लोकसभा चुनाव में सीट आवटन को लेकर मतभेद उभरे थे

प्रदेश भर में तैयारियां अंतिम चरण में है जिलाधिकारियों द्वारा मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण और दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं वहीं मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कराने के साथ अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही है बस्ती जिले में मतगणना की तैयारियां की जा रही है

सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं

निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतगणना कराने के लिये बरेली के जिलाधिकारी वीरेन्द्र क्मार सिंह के नेतृत्व में कार्मिक और माइक्रो आर्ब्जकर को ट्रेनिंग दी गई उन्होंने बताया कि जिस तरह शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराये गर्य उसी तरह काउंटिंग भी कराई जायेगी

इसके अतिरिक्त पोस्टर बैलेट की और जो इलेक्ट्रिानिकिली प्राप्त पोस्टर बैलेट है उनकी अलग से गणना होगी और जब पूरी गणना प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी उसके पश्चात प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक एआरओ पांच पांच वीवीपेट की गणना करायेंगे जो एक ड्रा के माध्यम से उनका चयन किया जायेगा मेरठ जिले में मतगणना से जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की मतगणना अयोध्या जनपद के नगर स्थित राजकीय इंटर कालेज में होगी जिसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये जा रहे हैं एक रिपोर्ट अयोध्या जनपद में पांच क्षिानसभा क्षेत्र की मतगणना होनी है जिसमें चार फैजाबाद लोकसभा और एक अम्बेडकरनगर लोकसभा से सम्बाधित है मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए पांच गेट बनाए जा रहे हैं जो अलग अलग लोगों के प्रवेश के लिए निर्धारित होगे बड़ी संख्या में पुलिस पीएसी और अर्द्वसैनिक बालों की तैनाती की जा रही है प्रत्येक विधानसभा के लिए प्रद्रह टेविल जिसमें एक सहायक रिटर्निंग आफिसर के लिए रहेगी और सभी टेबिल पर तीन तीन गणना कर्मी लगाए जा रहे हैं राजेद्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के ताजा रूझान और परिणामों के प्रसारण के व्यापक प्रबंध किए हैं देश का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी चुनाव पर पहली बार चालिस घंटे लगातार विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा आकाशवाणी समाचार तेईस मई सुबह सात बजे से चौबीस मई रात ग्यारह बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में विशेष जनादेश दो हजार उन्नीस प्रस्तुत करेगा स्ट्रिडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का विश्लेषण करेंगे कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो के एफ एम गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकेगा

इसके लिये सेना की ओर से एक रिपोर्ट तैयार की गई है कानपुर छावनी में सेना की जमीनों पर कई जगह अवैध कब्जे हैं जो पिछले कई वर्षो से चले आ रहे है सेना ने इन सभी स्थानों पर जमीनों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है सेना के एक अधिकारी ने बताया कि इन जमीनों को खाली कराया जाना सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है

यह राशि दो हजार चौदह के लोकसभा चुनाव के दौरान जब्त राशि का तीन गुना है